ये निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा को लेकर शिमला में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया सरकार ने वैवाहिक और अन्य सभी प्रकार के आयोजनों में धाम पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में कोरोना मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि चिंता का विषय है उन्होंने कहा कि सरकार इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है और कई कठोर निर्णय भी लिए हैं

इन सिलेंडरों को एनआईटी हमीरपुर स्थित कोविड केयर सेंटर में रखा जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन मिल सके इस बीच अनुराग ठाकुर ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि वे कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में सरकार को सहयोग की अपील की है उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग के बिना इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है इस मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने जहां मैडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया है वहीं विदेशों से आयात होने वाले ऑक्सीजन प्लांट और मशीनरी पर उत्पाद शुल्क व कस्टम डयूटी भी समाप्त कर दी है

कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप्प पर इसके लिए पंजीकरण करवाया जा सकता है उन्होंने कहा कि इस आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होते ही टीकाकरण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ये टीका निशुल्क लगाया जाएगा

आपदा प्रबंधन के तहत गठित राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष व मुख्य सचिव ने इन कमेटियों के गठन को स्वीकृति प्रदान की है

लॉजिस्टिक कमेटी ऑक्सीजन की उपलब्धता और बिस्तरों की क्षमता का कार्य देखेगी

सीएसआर कमेटी अंशदान में मिली सामग्री विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी मीडिया कमेटी समयबद्ध डाटा एकत्रित करके मीडिया तक सही सूचना पहुंचाना और सभी स्तरों पर जानकारी के अभाव को खत्म करने के साथ नियमित रूप से मीडिया को जानकारी उपलब्ध करवाएगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत लोगों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋणों की किश्तों को फिलहाल स्थगित करने और बढ़ते ब्याज को माफ करने की सरकार से अपील की है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित किया है इस समय कारोबार पूरी तरह ठप्प है और लोग ऋण की किश्तें देने की स्थिति में नहीं है राठौर ने विपदा के इस समय में सरकार से सभी प्रकार के बिलों और करों की वसूली को स्थगित करने की मांग की है